स्वस्थ्य भारत समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहुत कुछ करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास समस्या को टालने की बजाय उसका समाधान करना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टि बाधित बच्चे विशेष रूप स आमंत्रित किये गये थे सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प से काम कर रही है दिव्यांगजनों के जीवन को समझना उनकी दिक्कतों को समझना उनके कोन्फीडेंस लेवल को बढ़ाना ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं अभी भारत सरकार की जो वेबसाइट करीब सौ वेबसाइट ऐसी है कि जो हमारे दिव्यांगजन विशेष करके हमारे प्रज्ञाचक्षु आराम से उस वेबसाइट को देख सकते है समझ सकते है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे दृष्टि बाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी

इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन स्टॉल सेंटर नाम की एक गैर सरकारी संस्था और एक राज्य को भी यह सम्मान दिया जायेगा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से आज लखनऊ में एक लाख करोड़ रूपये से अधिक लागत की अस्सी नेशनल हाई वे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के सपनों का लखनऊ बनाने के लिये प्रयासरत है और उन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि को लखनऊ के विकास के लिये खर्च कर दिया है

श्री सिंह ने कहा कि रिंग रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के बाद तुरन्त उपचार मिल सके इस उद्देश्य से जानकीपुरम में एक ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शीघ्र ही वाराणसी से प्रयागराज के बीच जल परिवहन शुरू कर दिया जायेगा परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि अगले सप्ताह से वाराणसी और प्रयागराज के बीच एयर बोट सेवा शुरू कर दी जायेगी

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनके विभागों द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश में तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक के कार्य कराये जा चुके हैं जल परिवहन के बारे में श्री गडकरी ने कहा कि अब वाराणसी से सीधे बांग्लादेश तक वस्तुओं को पहुंचाना और मंगाना आसान हो जायेगा उन्होंने कहा कि उनके विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़के कम से कम दो सौ साल तक गड्ढा मुक्त रहेंगी जिनका इस्तेमाल अनेक पीढ़ियां करेंगी श्री गडकरी ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित कुंभ की देश दुनिया में तारीफ हो रही है उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार शौचालय जल को मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बचकर अच्छी आय अर्जित की जा रही है इस अवसर पर आज छह लेन वाले तिरसठ किलोमीटर लम्बे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की भी आधारशिला रखी गई

इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहीत करने का काम शुरु हो चुका है और इसे भारत माला योजना के तहत तैयार किया जाएगा

आज जिन राष्ट्रीय राजमार्गो का लोकार्पण किया गया उनमें लखनऊ सुल्तानपुर खंड की चार लेन की सड़क और लखनऊ रिंग रोड की कुर्सी रोड अयोध्या रोड खंड की चार लेन की सड़क शामिल हैं इन सड़कों पर आवागमन शुरू हो जाने से लखनऊ शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश के वाराणसी कानपुर और गाजियाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे श्री मोदी कल सबसे पहले वाराणसी पहुंचेंगे जहां वह बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे

इस कॉरिडोर को बन जाने से मंदिर और आसपास के क्षेत्र में लगने वाले जाम से बड़ी निजात मिलेगी और यहां के गंगा घाटों का रात्ता बेहद आसान हो जायेगा इसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी के बड़ा लालपुर क्षेत्र स्थित व्यापार सुविधा केन्द्र में हर कला संकुशल पहुंचेंगे जहां वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के स्वंय सहायता समूह के लिये आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री दोपहर बाद कानपुर पहुंचेंगे जहां वह पनकी पॉवर प्लांट में छह सौ साठ मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन और वितरण की इकाई का उद्घाटन करेंगे आगरा मेट्रो का शिलान्यास करने के साथ ही प्रधानमंत्री रिमोट द्वारा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से दूसरे चरण की लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी भी दिखायेंगे प्रधानमंत्री इसके बाद गाजियाबाद जायेंगे और मेट्रो के नये खंड और हिंडन एयरपोर्ट के नये सिविल टर्मिनल लोकार्पण के साथ ही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे और कई अन्य विकास योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे